इस अवसर पर बरोटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों में समाज के हर वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित किया है मुख्यमंत्री ने बालिका दिवस पर छात्राओं व महिलाओं को भी बधाई दी और कहा कि बालिकाएं हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्शल नेतृत्व में देश ने अपना प्राना गौरव फिर से प्राप्त किया है उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए है और प्रदेश पूर्ण रूप से इस अधिनियम को सहयोग देगा मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के नेता अधिनियम को लेकर बेबुनियाद बातें कर जनता को गुमराह कर रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार एक लाख करोड़ रुपए के निवेश के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने में सफल रही है परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा सड़कों और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का व्यापक रूप से विस्तार किया जा रहा है कांगड़ा जिले में पालमपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धीरा के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के गुणात्मक व ढांचागत विकास के लिए प्रतिबद्ध है स्वास्थ्य मंत्री ने बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुलह में डिजिटल एक्सरे सुविधा का लोकार्पण भी किया

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विद्यार्थियों से स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण और खच्छता के प्रति जागरूक होने का आहवान किया है ऊना जिले में राजकीय उच्च विद्यालय तनोह के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि नशा समाज में विष की तरह फैल रहा है जो आने वाली पीढ़ी व देश का भविष्य नष्ट कर रहा है वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कानून को सख्त बनाया है और लोगों को इस बुराई के प्रति जागरूक किया जा रहा है

ये संदेश आकाशवाणी के एफएम चैनलों पर भी प्रसारित होगा बालिका दिवस आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है

इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के समक्ष असमानता की चुनौती के बारे में लोगों को जागरूक करना है इस अवसर पर प्रदेशभर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि समावेशी समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सामाजिक गतिविधियों और विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सहित उन्हें सक्षम व सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं

सोलन में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं ने विभिन्न माध्यमों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया इस मौके पर सहायक आयुक्त भानु गुप्ता ने कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मानित भी किया

इसके तुरंत बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित होगा

यह सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेगी